इस पहल का उद्देश्य ऐसे लोगों को डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध करवाना और इन्हें डिप्रेशन से दूर रखना है राज्य रैडक्रॉस के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि संस्था ने मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं

इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रैडक्रॉस द्वारा आरंभ की गई परामर्श सेवा की सराहना की है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सेवा से मरीज़ों और उनकी देखभाल कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा

उन्होंने कहा कि टीकाकरण से पूर्व किया गया रक्तदान कई बहुमूल्य जीवन बचाने में सहायक होगा क्योंकि प्रदेश इस समय मुश्किल के दौर से गुजर रहा है रेमडेसिविर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना महामारी के उपचार में प्रयोग होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यकता और मांग के अनुसार इस इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी न हो निपुण जिंदल ने कहा कि मरीजों के उपचार में आवश्यक हर चीज को राज्य सरकार द्वारा प्रथामिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने प्रदेश की जनता का आहवान किया कि वे क्छ लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करें माकपा माक्सर्वादी कम्युनिस्ट पार्टी की शिमला शहरी इकाई ने नगर निगम शिमला की सैहब सोसायटी के गारबेज कलैक्टर की कोरोना से मौत पर गहरा दुख जताया है

उन्होंने सरकार से कोविड डियूटी में लगे सभी कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता की पीपीई किट उपलब्ध करवाने की मांग की ताकि इनका कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके किन्नौर टीकाकरण किन्नौर ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पन विद्युत परियोजनाओं ठेकेदारों बागीचों और अन्य निर्माण कार्यों में लगे ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाएगा जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है ये निर्णय आज हुई ज़िला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक में लिया बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की उन्होंने कहा कि बिना पहचान पत्र के ऐसे लोगों की सुची संबंधित परियोजना प्रमुखों और पंचायत ठेकेदारों से मंगवाई जाएगी डीसी हमीरपुर हमीरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन किया

उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने इस मौके पर कहा कि इस शिविर के उपरांत भी पात्र मीडिया कर्मी औपचारिता पूर्ण कर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं उपायुक्त ने इस मौके पर मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें

ये भेड़ बकरियां मदन लाल नामक व्यक्ति की थीं इस घटना में लोगों की कृषि योग्य जमीन को भी भारी नुकसान हुआ है भारी वर्षा से क्षेत्र में गेहूं और जौ की अधिकांश फसल खराब हो गई है पंचायत प्रधान अनीता कपूर ने घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायज़ा लिया उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को उचित राहत प्रदान करने की मांग की है